स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्वि हई है अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में न जाने की अपील की है होम डिलिवरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के चलते प्रदेश में लगाए गए कफ्यू की रिथति का कल जायजा लिया राज्य के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कफ्यू में ढील के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाई जाएं साथ ही होम डिलिवरी सिस्टम को और मज़बूत किया जाए ताकि लोगों को घरों से बाहर न जाना पड़े उन्होंने कर्फ्यू के दौरान किसी भी प्रकार की ढील न बरते जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकरों को कर्फ्यू पास दिए जाएं ताकि वे अपने बैंकिंग कार्यों को बिना किसी बाधा के नियमित रूप से निपटा सकें

उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों के अनुसार चिकित्सा संस्थान खुले और कार्यशील रखें ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े राम नवमीं प्रदेश में राम नवमी का पर्व पूर्ण श्रद्धा साथ मनाया जा रहा है मां दुर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है

अमर उजाला की सुर्खी है क्वारंटाइन से बाहर निकलने वालों पर मोबाइल एप्प से निगरानी मुख्यमंत्री ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ली बैठक

पंजाब केसरी के शब्द हैं मरकज से कांगड़ा जिला लौटे तीन में दिखे कोरोना के लक्षण

शिमला में गारबेज शुल्क व प्रॅपर्टी टैक्स की दरों में फिलहाल इजाफा नहीं शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है कोरोना संकट के चलते नगर निगम ने टाला बढ़ौतरी का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है होम डिलिवरी सिस्टम मजबूत करे सरकार आपका फैसला के शब्द हैं उद्योगों के संचालन के लिए मिलेगी सुविधा अमर उजाला की एक खबर है अष्टमी पर शक्तिपीठों में बिना भक्तों के पूजा नवमीं पर भी बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट पुजारी ही करेंगे हवन यज्ञ दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में टूरिस्ट वीजा लेकर धर्मप्रचार करने वाले विदेशी होंगे ब्लैक लिस्ट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

नमस्कार